बागेश्वर में फूड प्वाइजनिंग से ढाई सौ से ज्यादा लोग बीमार हुएदो बच्चों की मौतमुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट आज विश्व एड्स दिवस पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है एड्स के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक स्लग सीएम रावत बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बीच श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का संचालन सेना द्वारा किये जाने को लेकर वार्ता हुई जनरल बिपिन रावत ने इस पर सहमति व्यक्त की है नई दिल्ली में मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख के बीच हुई मुलाकात में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई जल्द ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पर राज्य सरकार और सेना के बीच एम ओ यू होगा सेना के अधिकारी देहरादून आकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एम ओ यू के फॉर्मूले पर बात करेंगे

श्री रावत ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा कि महाकुम्भ मेले के लिए सड़क निर्माण और सुदुढ़ीकरण घाटों का निर्माण पेयजल और विद्युत आपूर्ति कानून व्यवस्था यातायात व्यवस्था पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराना मेला क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा निस्तारण का प्रबंध धार्मिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं के आवास के लिए अस्थाई कैम्पिंग स्थलों का विकास समेत कई काम बड़े स्तर पर कराए जाने हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण हरिद्वार में महाकुम्भ मेला के आयोजन में केंद्र सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है

स्लग स्वच्छता सेमिनार उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में स्वच्छता को लेकर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया इस सेमिनार में उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब बिहार झारखंड आदि राज्यों के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया सेमिनार में केंद्रीय पेयजल सचिव परमेश्वरन अय्यर ने केंद्र सरकार द्वारा स्वजल के विस्तार और ओडीएफ को सतत बनाये रखने के संदर्भ में बताया

वहीं केन्द्र की ओर से सेमिनार में आयी टीम नैनीताल के सुदुरवर्ती इलाकों में पेयजल और सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की भी जांच कर रही है पर्यटन नगरी होने से यहां के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता मिलने से टीम के सदस्य संतुष्ट नजर आ रहे है सामाजिक कार्यकर्ता अनिल ने बताया कि स्थानीय लोग जगंल और पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील है वे स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों में जागरुकता लाने का प्रयास कर रहे है स्लग दीक्षांत समारोह मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और छात्र छात्राओं की नीति निर्माण में रंचनात्मक भागीदारी चाहती है उन्होंने कहा कि बेहतर सामंजस्य और संवाद के जरिए नई पीढ़ी के साथ जेनरेशन गैप को कम किया जा सकता है देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हए कहा कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अच्छे भौतिक संसाधनों लैब लाइब्रेरी की कमी को अच्छे शिक्षक पूरा कर सकते है लेकिन अच्छे शिक्षकों की कमी को बेहतर से बेहतर सुविधाएं पूरी नही कर सकती उन्होंने कहा कि हाल ही में ऐतिहासिक इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के डेढ़ सौ छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया ताकि युवाओं को महत्वपूर्ण मंचों पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिले और युवाओं की भावनाओ विचारो को समझा जा सके श्री रावत ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने दीक्षांत समारोह के लिए स्वदेशी परिधान तैयार करने के सुझाव को स्वीकार किया है

उन्होंने बताया कि सरकारी कॉलेजों में सौ प्रतिशत फैकल्टी सुनिश्चित की जा रही है जल्द ही अम्ब्रेला एक्ट के तहत उच्च शिक्षा की गुणवता में और अधिक सुधार होगा स्लग फ्ड प्वाइजनिंग बागेश्वर के कपकोट तहसील क्षेत्र के बास्ती गांव में एक शादी समारोह में फूड प्वाइजनिंग से प्रभावित दो बच्चों की मौत हो गई है वहीं ढाई सौ से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं प्रभावित लोगों का इलाज बागेश्वर कपकोट कांडा समेत बेरीनाग के अस्पतालों में चल रहा है जिला मुख्यालय से डाक्टरों की पांच टीम बास्ती और एक टीम गडेरा गांवों में भेजी गई है जबकि चॉपर के माध्यम से बेरीनाग स्वास्थ्य केन्द्र से चार मरीजों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भेजा गया है फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आये एक बच्चे की बेरीनाग अस्पताल में मौत हो गई जबकि एक अन्य बच्चे ने हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया

कपकोट में तिरालीस कांडा मे चौतीस बेरीनाग में एक सौ अड़तालीस मरीज भर्ती हैं

मुख्य विकास अधिकारी श्याम सुंदर सिंह पांगती भी जिला अस्पताल में मौजूद हैं उन्होंने बताया कि प्रभावित गांवों में सैंपलिंग टीमों के अलावा पशु चिकित्सकों को भी भेजा गया है साथ ही गांव में पानी के स्रोत की जांच भी की जा रही है गौरतलब है कि गडेरा गांव से बारात बास्ती गांव गई थी शाम को जब बारात गडेरा गांव वापस आयी तो कई बारातियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा वहीं बास्ती गांव में भी ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने लगी जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया स्लग सीएम फूड प्वाइजनिंग मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बागेश्वर में फूड प्वाइजनिंग की घटना के बारे में बागेश्वर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है उन्होंने बीमार लोगों का समुचित उपचार देने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को हेलीकाप्टर से इलाज के लिए हल्द्वानी लाकर भर्ती कराया गया है साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी भेजा गया है मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को भी बागेश्वर के जिलाधिकारी से निरंतर सम्पर्क में रहने को कहा है वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि बीमार लोगों का बागेश्वर के सरकारी और निजी अस्पतालों में निशुल्क ईलाज किया जा रहा है स्लग एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है